देश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्वि को देखते हुए यह संवाद महत्वपूर्ण माना जा रहा है मार्च में राष्ट्राव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ यह छठा संवाद होगा वर्तमान में देश में और अधिक रियायतों के साथ लॉकडाउन का पांचवा चरण चल रहा है

समर्थन गेंहॅ मध्यप्रदेश ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन में देश में नया रिकार्ड बनाया है

गेहूँ की यह मात्रा पूरे देश में किसी राज्य द्वारा अब तक की गई खरीदी का ऑलटाइम रिकार्ड है

इंदौर और उज्जैन जिलों में मार्कफेड और नागरिक आपूर्ति निगम दोनों एजेंसियों को कार्य पर लगाकर तेजी से परिवहन कार्य पूर्ण किया जा रहा है

देवास में आज सुबह आई रिपोर्ट में तीन नये मरीजों का पता चला है

टिड़डी दल प्रदेश के भोपाल उज्जैन सागर और जबलपुर संभागों में सक्रिय टिड्डी दलों के नियंत्रण के लिए बड़े पैमाने पर छिड़काव की कार्यवाही की गई है भोपाल और सीहोर में आज फिर टिड्डियों के दल देखे गये उधर मंदसौर जिले में भी टिड्डी दल सक्रिय हो गया है कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया है कि कल शाम जिले के ग्रामीण इलाकों में प्रवेश किया था

श्री टंडन का लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है